भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की राष्ट्रव्यापी गांधी संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना राजस्थान और हरियाणा के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिये इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू

नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजधानी में विजय घाट जाकर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की इस अवसर पर प्रदेशभर में भी शास्त्रीजी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती के अवसर पर आज जयपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की उन्होंने सचिवालय और गांधी सर्किल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया बाद में श्री गहलोत ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और गांधीजी के जीवन की फोटोप्रदर्शनी का अवलोकन किया इसके बाद श्री गहलोत ने शिक्षा संकुल में गांधी संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया राजस्थान राज्य स्काउट गाईड की ओर से आयोजित ये यात्रा शिक्षा संकुल से शुरू होकर गांधी सर्किल तक पहुंची एक कार्यकम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी के शांति सत्य और अहिंसा के संदेश को नई पीढी तक पहुंचाने में हम कामयाब हो सकेंगे गांधी जयंती पर आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शहर के परकोटे में पदयात्रा आयोजित की जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और राज्य कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पाण्डे सहित राज्य मंत्रीमंडल के कई सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो रहे है जयपुर रेलवे जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई और रेल यात्रियों को नुक्कड नाटक के जरिये स्वच्छता का संदेश दिया गया

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने हाईकोर्ट परिसर में इसकी शुरूआत की राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर की ओर से आज जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में खादी मेले का उद्घाटन किया जायेगा

जयपुर के बिडला सभागार में खादी परिधानों की प्रदर्शनी और कताई बुनाई का प्रदर्शन किया जायेगा तथा दोपहर बाद खादी संगोष्ठी आयोजित की जायेगी

इस दौरान राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे

गांधी जयंती के मौके पर राज्य पुलिस द्वारा लोकायन संस्था के सहयोग से राजस्थान कबीर यात्रा के पांचवे चरण की शुरूआत आज शाम जयपुर में की जाएगी

गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में गांधी जी तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया है इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने कल आदेश जारी किए झुंझुनूं में गांधी जयंती के अवसर पर आज जिला कलक्ट्रेट से पुलिस लाईन तक पुलिसकर्मियों ने दौड लगाई और स्वस्थ्य रहो खुश रहो का संदेश दिया इस दौड को पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जयपुर में रेलवे स्टेशन पर नुक्कड नाटक के माध्यम से यात्रियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की इस अवसर पर रेलवे कर्मचारियों और निजी संगठनों द्वारा मिलकर स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली गई और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया सवाईमाधोपुर बाडमेर डूंगरपुर जालौर और झालावाड में भी सुबह से ही कार्यकमों का सिलसिला शुरू हो गया प्रभात फेरियों के साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा में गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति हुई करौली और जालौर में आज रक्तदान शिविर का आयोजित किया जा रहा है हनुमानगढ और श्रीगंगानगर में नो प्लास्टिक यूज का संदेश देते हुए रैली का आयोजन किया गया दौसा में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकॉल मुक्त अभियान का शुभारम्भ राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज भण्डारी ने किया अजमेर में गांधी संदेश यात्रा निकाली गई जिसमें बडी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया बीकानेर में कोन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के नेतृत्व में गांधी संकल्प पदयात्रा निकाली गई

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी समितियों में विशेष आम सभा आयोजित की जाएगी नये सदस्य बनाए जाएंगे ऋण आवेदन प्राप्त करने के साथ साथ ऋण वितरण का भी कार्य किया जाएगा

उन्होंने बताया कि आमसभा में ई मित्र की शुल्क सूची का प्रकाशन होगा साथ ही समिति के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जाएंगे

केंद्रीय मंत्रियों सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के विभिन्न भागों से चार महीने के इस अभियान की शुरुआत करेंगे उधर कांग्रेस पार्टी देशभर में पदयात्राओं के आयोजन के जरिये गांधी जयंती मना रही है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान दस हजार से अधिक विद्यार्थी स्वयं बनाये गये सोलर लैम्प और लाइटों के साथ एकत्र होंगे यह कार्यक्रम ग्लोबल स्ट्रडेंट सोलर असेम्बली के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है

केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक देश एक राशनकार्ड परियोजना के तहत देश में नेशनल पोर्टबिलिटी लागू करने के लिए राजस्थान और हरियाणा के लाभार्थियों को राशन का वितरण करने के लिए ये योजना शुरू की गई है खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द्र मीना ने बताया कि केन्द्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार आगामी दिनों में नेशनल पोर्टेबिलिटी भी लागू की जाएगी